पीएम गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी शनिवार को मध्यप्रदेश समेत छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है

जावडेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चीन के साथ मौजूदा विवाद पर कहा कि हम शांति से रहना चाहते हैं लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि कोई भी आये और हमें छेड़े आकाशवाणी के साथ बातचीत में सैनिकों के बलिदान पर दुःख जताते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता मीडिया की आज़ादी का मतलब फेक न्यूज़ नहीं हो सकता

श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरूआत कर रही है बल्कि कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से बाहर कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विडम्बना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद आयात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है उन्होंने कहा कि यह स्थिति दशकों से बनी हुई है राज्यसभा चुनाव प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिये कल होने वाले चुनाव के लिये आज राजधानी भोपाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का लंबा सिलसिला चला एसपी बीएसपी और निर्दलीयों के भाजपा के पक्ष में खड़े होने के संकेत मिलने के बाद से अब यह चुनाव औपचारिकता मात्र रह गया है भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है इसके पूर्व भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में हुई बैठक में चुनाव की रणनीति बनाई गई

दूरदर्शन सुबह साढ़े छह बजे इसका प्रसारण करेगा

वहीं प्रदेष के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकमण को देखते हुए विश्व योग दिवस पर प्रदेष में सामूहिक आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं

फीवर क्लीनिक दमोह के फीवर क्लीनिकों में अब तक एक हजार से ज्यादा मरीजों की जांच की जा चुकी है इनमें में से तीन मरीजों कों होम आइसोलेट किया जा चुका है

देवास जिले में आज सुबह दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

सेना का यह जवान तीन जून को दर्जिलिंग से लौटा था

सिवनी में दिल्ली से लखनादोन शादी में शामिल होने आई महिला पॉजिटिव निकली

राज्य के छह जिलों में अब कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं हैं

इंदौर और भोपाल के अलावा मुख्य रूप से उज्जैन ग्वालियर सागर खरगोन जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं

स्थानीय होटल संचालकों ने भी यह यात्रा रद्द करने की मांग की थी